कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाष पाण्डे के नेतृत्व में दोनों नेताओं ने कल राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात कर शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा की इस दौरान राज्यपाल श्री सिंह को एक सौ विधायकों की सूची भी सौंपी राज्यपाल ने श्री गहलोत को मुख्यमंत्री पद की षपथ के लिए आमन्त्रण पत्र देकर सरकार बनाने का न्यौता दिया इससे पहले जयपुर में एक होटल में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री गहलोत को विधायक दल का नेता चुना गया बैठक में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों बेरोजगारों से किए गए वायदों को पूरा करेगी और घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य करेगी

श्री जेटली ने कहा है कि इससे देश की सुरक्षा और वाणिज्यिक हित संरक्षित हुए है उन्होंने सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने से इंकार किया

इस बारे में हमने सील बंद लिफाफे में संकेत दिया है और कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहा है इस अवसर पर रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने राफाल सौदे के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस सौदे की जांच की आवश्यकता नहीं है उन्होंने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ सकता

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत सिकंदराबाद में मिलेट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड मैकेनिकल इंजिनियरिंग के दीक्षांत समारोह के बाद संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे

लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ल ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल से नवम्बर की अवधि में लगभग अस्सी अरब रूपये वसूल किये गये हैं

कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय पुलिस खेल कृद प्रतियोगिता के समापन समारोह में श्री राठौड़ ने कहा कि सरकार की खेलो इंडिया योजना से देश में क्रांति आ गई है उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत हर साल एक हजार युवा खिलाडियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर और उपखण्ड अधिकारियों ने विभिन्न कार्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण किया

राज्य में इसके लिए जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर और श्रीगंगानगर में परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं

यह पुरस्कार जयपुर मेट्रो के परिचालन और प्रणाली निदेशक मुकेश सिंघल ने लिया

तेज सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है लोग गर्म कपडों और अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते हुए देखे जा रहे है दौसा जिले में कड़के की ठण्ड के चलते ग्रामीण इलाकों में ओस की ब्रंदे जमने लगी है